केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश में कोविड राहत से संबंधित सभी सामग्री आईजीएसटी समेत सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रहेगा

और राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ हुई बारिश लातेहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत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 श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जल्द ही रियाद से पांच हजार ऑक्सीजन सिलिंडर झारखण्ड पहुंचेगा श्री मुंडा ने यह घोषणा आज खूंटी में लगे नये ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर की देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए श्री मुंडा दिल्ली से ही झारखंड के लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वह राज्य के लिए कुछ और स्वास्थ्य उपकरण की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ने सांसद निधि से एमसीएच अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता पांच हजार लीटर प्रति घंटे की है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि देश में निशुल्क वितरण के लिए भारतीय रेड क्रॉस द्वारा आयात की गई कोविड राहत से संबंधित सभी सामग्री आईजीएसटी समेत सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रहेगा वित्त मंत्री ने एक ट्वीट श्रंखला में कहा कि तीन मई से रेमडेसिविर टीके रेमडेसिविर एपीआई और दवा के इस्तेमाल में होने वाले रसायन को सभी तरह के शुल्कों से मुक्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक पत्र के जवाब में ये टवीट किए हैं पत्र में मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सामग्री पर कर सीमा शुल्क अन्य शुल्क और जीएसटी में छूट देने की मांग की है श्रीमती सीतारमन ने स्पष्ट किया कि यह छूट राज्य सरकार राहत सामग्री बाटने वाली एजेंसियों या किसी अन्य संस्थान को भी मिलेगी

टीकाकरण का तीसरा चरण पहली मई से शुरू किया गया था रामगढ़ जिले में मुरुबंदा निवासी सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कोरोना से ठीक हए लोगों से प्लाजमा डोनेट करने की अपील की उन्होंने उन्होंने खुद भी अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया है और प्लाजमा डोनेट किया ताकि कोरोना के गंभीर मरीज के इलाज में मदद मिल सके

वहीं दो लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई वहीं गोड्डा अनुमंडल अधिकारी ऋतुराज ने कल शाम ऑक्सीमीटर के लिए तीन गुना ज्यादा रकम वसूलने के कारण दो दवा दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दवा दुकानों को सील कर दिया सरायकेला खरसावां जिले के सीनी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण किया साथ ही क्षेत्र में भ्रमण कर अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लेने की अपील की प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सीनी रेलवे क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जा रहा है पाकड़ स्थित सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन कर जच्चा एवं बच्चा की जान बचाई समाचार भेजे जाने तक जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और चिकित्सकों की निगरानी में हैं गर्भवती महिला साहिबगंज जिले की रहने वाली है प्राप्त जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला को परिजनों ने पहले साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन वहां चिकित्सकों ने सुविधा की कमी का हवाला देते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया बाद में इस महिला को पाकुड सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राज्य के पत्रकारों को फ्रंटलाईन वॉरियर्स की मान्यता दी गई होती और प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हुआ होता तो पत्रकारों को कोरोना महामारी की चपेट में आने से रोका जा सकता था

यह राशि सभी त्रि स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं गांव ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद औ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिन्द फौज के सेनानी लालती राम के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि श्री लाल के निधन पर भारतीय स्वतंत्रता को समर्पित एक महान गाथा का अंत हो गया है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि लालती राम जी का साहस और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा प्रधानमंत्री ने लालती राम जी के साथ बातचीत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी श्री लालती राम हरियाण के झज्जर के निवासी थे आज विश्व कवि रबिन्द्रनाथ ठाकुर महान योद्धा महाराणा प्रताप और महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित की नोबल पुस्कार से सम्मानित गुरूदेव रबिन्द्रनाथ ठाक्र का स्मरण करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके अनुकरणीय आदर्श आज भी हैर किसी को उनके सपनों का भारत बनाने की शक्ति और प्रेरणा दे रहे हैं वहीं महान योद्वा महाराणा प्रताप के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अतुलनीय साहस और वीरता के साथ भारत माता को सम्मानित किया महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को श्रद्वांजलि देते हुए प्रधनमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया और वे हमेशा सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत सधवाडीह गांव में आज आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई जबकि चार अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए घायल बच्चों को इलाज के लिए मनिका अस्पताल में भर्ती कराया गया घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली वहीं मृत बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया उधर लातेहार जिले के बालूमाथ थाना अंतर्गत बालू गांव के बहेरा टोला में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई

जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे परिवार को बिना बताए नहाने के लिए तालाब में चले गए थे नहाने के क्रम में वे लोग मछली पकड़ने लगे इसी दौरान तीनों बच्चे नदी में डूब गये भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय का आज सुबह कोरोना संक्रमण से निधन हो गया

श्री उपाध्याय ने कई वर्ष तक अफगानिस्तान में आकाशवाणी संवाददाता के रूप में कार्य किया उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाईयों में काम किया पाकुड़ जिले के महेशपुर मुरारई मुख्य सड़क पर मोटरसायकिल चालक ने सड़क पर पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में बताया कि चालक नशे में गाडी चला रहा था मृतक की पहचान चापतुड़ा निवासी सोमू शेख के रूप में की गई है पाकड़ में पत्थर से लदे एक ट्रैक्टर ने आज इशाकपुर रेलवे फाटक पर द्र्घटनाग्रस्त हो गया स्टेशन प्रबंधक डीडी हेम्ब्रम और आरपीएफ के अधिकारी ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के ग्राम उदयपुरा में कल देर रात बस और बाइक की टक्कर में दो युवक की मौत हो गयी जानकारी के अनुसार मृतकों में ग्राम नावाडीह के देवराज कुमार भुइयां और दूसरा ग्राम सेमरी के सिंधु कुमार भुइयां हैं

इस मामले में एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को जांच का आदेश दिया था